पटना समेत राज्यभर में हो रही है बारिश

भागलपूर बाल गृह के पूर्व अधीक्षक प्रदीप शर्मा को बाल उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है प्रदीप शर्मा को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया वह पिछले साल भागलपुर बाल गृह का अधीक्षक था उसके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद गिरफ्तारी का आदेश जिला प्रशासन ने दिया था उधर मधुबनी जिला बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य अमरेश श्रीवास्तव ने कहा है कि बालिका गृह से लड़की भागी नहीं भगायी गयी थी इस बीच सीबीआई मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के मोबाईल का कॉल डिटेल्स खंगाल रही है जिसके आधार पर उसकी मदद करने वालों की पहचान की जायेगी वहीं जेल अधीक्षक ने कारा चिकित्सकों से पूछा था कि ब्रजेश ठाकुर किस बीमारी से ग्रस्त है जिस कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस संबंध में कारा चिकित्सक ने रिपोर्ट सौंप दी है इधर मुजफ्फरपुर जिले के रामदयालु स्थित पुनर्वास केंद्र से एक महिला गायब हो गयी है इस संबंध में सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि पार्टी मुजफ्फरपुर बालिका गृह द्रष्कर्म मामले की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कराने के लिए तैयार है नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक हादसे का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं श्री त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय को मामले की जांच की निगरानी करने के लिए पत्र लिखा है केन्द्र के महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन लागू होने से दस हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे इस योजना का उद्देश्य दस करोड़ गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रूपये की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है जानकारी के अनुसार मिशन के क्रियान्वयन के लिए लगभग दस हजार लोगों की आवश्यकता पड़ेगी इससे रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पिछड़ों को केन्द्र सरकार की नौकरियों में सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस ने नहीं बल्कि गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया है पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लगातार विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रस्ताव को लोकसभा से पारित कराया है श्री मोदी ने कहा कि बिहार की तरह पिछड़े वर्गों की सूची के वर्गीकरण के लिए केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है उन्होंने कहा कि वर्गीकरण के बाद पिछड़ों में जो सर्वाधिक पिछड़े हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी केन्द्र सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली सभी केंद्रीय योजनाओं की जानकारी का प्रसार करने के लिए नक्सल प्रभावित जिलों में एक एक विशेष दल भेजने का फैसला किया है केंद्रीय सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्योग मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नीति आयोग ने एक सौ सत्रह पिछड़े जिलों का चयन किया है मंत्रालय ने अपनी वर्तमान योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सर्वाधिक पिछड़े और नक्सल प्रभावित जिलों में अधिकारियों के दल भेजने का फैसला किया है केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने भोजपुर जिले में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस योजना के तहत पांच विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों का लोकार्पण किया आरा में आयोजित लोकार्पण समारोह में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर चौबीस करोड़ नौ लाख रुपये खर्च किए जाएंगे इस मौके पर श्री सिंह ने कृषि कनेक्शन लेकर बिजली से पटवन करने वाले दस प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे आज पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इमरजेंसी सुविधा का शुरूआत करेंगे इस मौके पर वे आईपी डी में ढ़ाई सौ बेडों की संख्या बढ़ाना आठ नए मॉड्यूलर ओ टी और ट्रॉमा केंद्रों का शुभारंभ भी करेंगे प्रदेश में दो दिनों के अन्तराल के बाद मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है उत्तर प्रदेश के हरदोई होते हुये राजधानी पटना होकर गुजरे मॉनसून ट्रफ लाईन के कारण राजधानी समेत पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार इस महीने सामान्य बारिश होगी और अल्प वर्षा की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के लिए राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका जतायी जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पश्चिम चम्पारण में सबसे अधिक चौदह सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गयी मॉनसून की बारिश से प्रदेश में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज जिले के ड्मरिया घाट में खतरे के निशान से तेईस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से उनचास सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से बयालीस सेंटीमीटर ऊपर था सीतामढी होकर गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियां भी पूरे उफान पर हैं बागमती नदी डेंग रेलवे पुल के समीप खतरे के निशान से पचहत्तर सेंटीमीटर सोनाखान के समीप इकतालीस सेंटीमीटर और डुब्बा धार के समीप पैंतीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है इधर गंगा और पुनपुन के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है गंगा नदी पटना के गांधी घाट पर अस्सी सेंटीमीटर जबकि दीघा घाट पर एक सौ पच्चीस सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे बह रही है जबकि पुनपुन नदि का जलस्तर खतरे के निशान के निकट पहुंच गया है नदियों में उफान को देखते हुये आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की टीमें तटबंधों की विशेष निगरानी कर रही है महाराष्ट्र के अहमदनगर में खेली जा रही नौवीं राष्ट्रीय मिनी तलवारबाजी चैंपियनशिप में बिहार की बालक टीम ने कांस्य पदक जीता है पटना में खेली गई राज्य स्तरीय रॉल बॉल चैंपियनशिप में पटना की टीम विजेता बनी है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा के एक हजार सात सौ सत्रह पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा का परिमाण जारी कर दिया है इस परीक्षा में दस हजार से अधिक अभ्यर्थी सफल हुये हैं मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को अब शरीरिक परीक्षा देनी होगी आज सावन की दूसरी सोमवारी है इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है समस्तीपुर शहर के प्रसिद्ध थानेश्वर मंदिर मोरवा के खुन्देशवर मंदिर विद्यापतिनगर के विद्यापतिधाम और जटमलपुर के शिव मंदिरों समेत विभिन्न शिवालयों मे श्रद्वालु जलामिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान माधवेश्वर स्थान पंचानाथ हजारी नाथ सिद्देश्वर नाथ आदि शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है लोग महादेव पर जलाभिषेक कर फूल और बेलपत्र से उनकी पूजा कर रहे हैं शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है उधर विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि जिला मुख्यालय से लेकर गांव में स्थित शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किये गए हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान ने अपनी सुर्खी में लिखा है कि समाज कल्याण के आठ और अधिकारी निलंबित प्रभात खबर का शीर्षक है न कोई दोर्षी बचेगा न दोषियों को बचाने वाले बचेंगे दैनिक जागरण ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब नौकरियां ही नही तो आरक्षण का क्या मतलब इसी अखबार ने मुगलसराय जंक्शन के नाम बदलने की खबर को भी प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष खबर मंडे पॉजिटिव में लिखा है सेना को सर्वधर्म स्थल देने वाली जेके लाइट इंफेंट्री रेजिमेंट रमजान में यहां हिंदू अफसर भी रोजे रखते हैं दुर्गापूजा में मौलवी आरती कराते हैं

पटना समेत राज्यभर में हो रही है बारिश